केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा आत्मनिर्भर भारत विज़न को साकार करने में युवाओं की अहम भूमिका

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्य समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए हैं वे आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मंडी ज़िले के सराज विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यो की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में केन्द्रीय सड़क निधि सीआरएफ नाबार्ड और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कियान्वित की जा रही सड़क परियोजनाओं को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए जयराम ठाक्र ने परियोजनाओं से संबंधित एफआरए और एफसीए मामलों सहित शिक्षा स्वास्थ्य और पर्यटन से जुड़ी आधारभूत ढांचा परियोजनाओं को भी निर्धारित समय अवधि में पूरा करने को कहा

उन्होंने कहा कि थुनाग में बागवानी और वानिकी महाविद्यालय के आधारभूत ढांचे के विकास कार्य में तेज़ी लाई जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य में रोज़गार संबंधी व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा पर विशेष बल दिया है उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और जंजैहली में चलाई जा रही एशियन विकास बैंक परियोजना भी जल्द पूरी की जाएगी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शिकारी देवी मंदिर के लिए वैकल्पिक सड़क निर्माण की संभावनाओं का पता लगाने के निर्देश दिए ताकि क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं और प्रकृति प्रेमियों को सुविधा मिल सके

राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राजभवन में ऐट होम कार्यकम का आयोजन नहीं किया जाएगा उन्होंने कहा कि राजभवन में ऐट होम की परंपरा काफी लंबे समय से चली आ रही है लेकिन इस वर्ष लोगों के स्वास्थ्य व सुरक्षा को देखते हुए इस आयोजन को रद्द किया गया है राज्यपाल ने कहा कि आज पूरा विश्व कोरोना महामारी की चपेट में है और देश में भी कोरोना मामलों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है राज्यपाल ने लोगों से सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने मास्क पहनने व स्वच्छता बनाए रखने की अपील भी की है

ये बात आज उन्होंने कसौली विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुर में सहायक परियोजना अधिकारी कार्यालय के श्भारंभ अवसर पर कही

सैजल ने धर्मपुर जाबली व परवाणू में जनसमस्याएं भी सुनीं और अधिकारियों को इनके निपटारे के निर्देश दिए

इसमें ज्यादातर राशि गंभीर रूप से बीमार रोगियों के उपचार के लिए आबंटित की गई

अनुराग केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत विज़न को साकार करने में युवाओं की अहम भूमिका रहेगी उन्होंने आज हिमाचल और दिल्ली सहित देशभर के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों और अध्यापकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया

उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनने के लिए स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देते हुए स्वदेशी सामान को खरीदने पर ज़ोर देना होगा गोविंद ठाकुर वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने मनाली विधानसभा क्षेत्र के कन्याल गांव में बादल फटने से हए नुकसान का आज जायज़ा लिया

गोविंद ठाक्र ने प्रभावितों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया और अधिकारियों को सड़क बिजली व पेयजल आपूर्ति जल्द बहाल करने के निर्देश दिए वन मंत्री ने लोगों से बरसात के दौरान नदी नालों से दूर रहने का आग्रह भी किया

नाहन से हमारे ज़िला संवाददाता शैलेन्द्र कालरा ने बताया है कि सिरमौर जिले में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में एकसाथ कोरोना के मामले सामने आए हैं जिससे ज़िला प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बबीता राणा ने कहा कि पूरे मोहल्ले को सील कर दिया गया है

उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि ये दोनों सैलानी मैहतपुर से प्रदेश में प्रवेश कर धर्मशाला जाना चाहते थे उपाय्क्त ने कहा कि ये सैलानी जर्मनी और साऊथ अफ्रीका से हैं

नमस्कार